मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड़डयन मंत्री सुरेश प्रभ् से मुलाकात कर मंडी में हवाई अड्डे की औपचारिकताओं को जल्द पूरा करने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि इस हवाई अड़डे के बनने से प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और सैलानियों को मनाली व आसपास के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों तक पहुंचने में सुविधा होगी जयराम ठाकूर ने कहा कि प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार विशेष कार्य बल के सूजन के लिए मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन को नामांकित करेगी उन्होंने गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार के मामले पर भी चर्चा की और केंद्रीय मंत्री को बताया कि उड़ान दो परियोजना में तेजी लाने के लिए केंद्र के सहयोग की जरूरत है मुख्यमंत्री ने इसके लिए राज्य के अन्य हवाई अड्डों का उपयोग करने की अनुमति का भी आग्रह किया केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू ने मुख्यमंत्री को मंत्रालय के सक्रिय समर्थन का आश्वासन दिया उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए खेलों इंडिया केंद्र सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है केंद्रीय खेल मंत्री स्वतंत्र प्रभार कर्नल राज्यवर्द्वन सिंह राठौड़ ने बताया कि खेलों इंडिया कार्यक्रम के बेहद सकारात्मक परिणाम देखने को मिले है

ये तो शुरू से लगातार और हमें पूरा विश्वास है कि अब जब खेलो इंडिया जैसी स्कीम अगले दस साल चलेगी तो आप देखिएगा क्या बदलाव पूरे भारत में आएगा कर्नल राठौड़ ने ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं की सराहना की

उन्होंने कहा कि सभी योजनाए गांव से लेकर ओलंपिक पोडियम को कवर करती है

उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो एक्सपर्टस हों इस इंड्रस्ट्री के वो एक्सपर्टस चयन करें खिलाडियों का और फिर उन्होंने कहा कि इनकी जो कोचिंग है जो देश विदेश में आप कराते हैं इनके हवाई ट्रेवल लोकल ट्रेवल सब आप कवर करते हैं लेकिन इनका जो जेब खर्च होता है इसको भी कवर करिए

राठौड़ ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की भी जरूरत है निश्चित तौर पर केंद्र सरकार के ऐसे प्रयासों से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन अवश्य मिलेगा

भारद्वाज ने कहा कि सरकारी स्कूलों के प्रति अभिभावकों की रुचि बढ़ाने के लिए प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए समग्र शिक्षा कार्यक्रम आरंभ किया गया है युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए उन्होंने नशे के खात्मे के लिए सामूहिक अभियान चलाने का जनता से आहवान किया बैठक एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सोसायटी लाहौल पोटेटो सोसायटी की आम बैठक कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा की अध्यक्षता में केलंग में हुई राम लाल मारकंडा ने कहा कि करगा में सब्जी मंडी का निर्माण किया जाएगा और जिले में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला खोली जाएगी उन्होंने कहा कि लाहौल आलू को नई पहचान दिलाने के लिए कुल्लू व कांगड़ा में चिप्स प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की प्रक्रिया तेज की जाएगी ताकि किसानों को आलू के उचित दाम भिल सके बैठक के दौरान सोसायटी में लाखों रुपए के गबन की जांच करने पर भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया सहजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने दिल्ली में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर औद्योगिक क्षेत्र परवाणू को सीधा राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने की मांग की है सहजल ने कहा कि परवाणू हिमाचल का प्रवेश द्वार है और शिमला आने जाने वाले सभी पर्यटक इसी क्षेत्र से होकर गुजरते है ऐसे में राष्ट्रीय राज मार्ग से जुड़ने पर यहां स्थापित उद्योगों को फायदा होगा और स्थानीय लोगों सहित पर्यटक भी लाभान्वित होंगे सहजल ने कसौली विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ सोलन जिला के विभिन्न राजमार्गो व संपर्क मार्गों के सुधार का भी केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजीव सहजल को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और कहा कि बेहतर सड़क नेटवर्क के लिए धन की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी इस दौरान सांसद वीरेंद्र कश्यप और सोलन जिला भाजपा प्रभारी चंद्रमोहन ठाकुर भी मौजूद रहे समीक्षा बैठक उद्योग एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने परागपुर में देहरा उपमंडल के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों पर एक समीक्षा बैठक की इस बैठक में सरकार के गठन के बाद विकास संबंधी दिशा निर्देशों और घोषणाओं की वस्तुस्थिति की समीक्षा की गई

इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया इससे पहले बिक्रम ठाकुर ने ऊना में तीन दिवसीय सब जूनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता का शुभारंभ भी किया

विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता संजीव सुंद्रियाल केन्द्र सरकार महिला सशक्तिकरण पर बल दे रही है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से सोलन ज़िले की युवा महिला उर्भिला और अंबिका ने बैंक से बिना किसी गारंटी से ऋण लेकर अपना सफल व्यवसाय शुरू किया है उन्होंने अन्य बेरोजगार युवाओं को भी अपने साथ जोड़ा है

अनुराग सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लक्ष्य से अधिक सड़क निर्माण में हिमाचल द्वारा देश भर में पहला स्थान पाने को सरकार के सकारात्मक रवैये का परिणाम बताया है अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और हिमाचल प्रदेश नित नई ऊंचाईयों को छू रहा है उन्होंने कहा कि प्रदेश में तमाम बुनियादी सुविधाओं के साथ सड़क संपर्क को और मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है

जांच मुख्यमंत्री कार्यालय में गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष व अतिरिक्त प्रधान सचिव संजय कुंडू की अध्यक्षता में गठित दल ने आज धर्मशाला में गुणवत्ता नियंत्रण समिति की बैठक की बाद में संजय कुंडू और प्रकोष्ठ के सदस्यों ने लोक निर्माण विभाग सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग और बिजली बोर्ड की विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण किया

लोक अदालत राज्य में लंबित मामलों की संख्या कम करने और पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर हल करने के लिए आज प्रदेश भर में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया